आगामी मानसून में रूद्रप्रयाग के पन्द्रह गावों में जडी बूटी की खेती की शुरूआत की जाएगी विधायक सम्मेलन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के पिछड़े जिलों के विकास के लिये काम करने की जरूरत पर जोर दिया है

श्री मोदी ने कहा कि अब यह पता लगाने की आवश्यकता है कि किन किन क्षेत्रों में इन जिलों की स्थिति सुधारी जानी चाहिए

श्री मोदी ने कहा कि ऐसे जिलों की तरक्की से मानव विकास सुचकांक में भारत की संथिति बेहतर हो जाएगी इससे पहले लोकसभाध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने सांसदों और विधायकों से कहा कि वे यह सुनिश्चित करे कि कल्याण परियोजनाओं के लाभ आखरी व्यक्ति तक पहुंचे

उन्होंने कहा कि सरकार नदियों के प्रनर्जीविकरण के लिए कोशिश कर रही है और देहरादून की रिस्पना और अल्मोड़ा में कोसी नदी को पुनर्जीवित करने के लिए कार्ययोजना बनाई जा रही हैं गंगा की सहायक नदियों को पुर्नजीवित करने पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि नदियों के प्रवाह को बनाए रखने के लिये खेतों का पानी खेत में और गांव का पानी गांव में रोकना होगा

श्री रावत ने गंगा की अविरलता को बनाए रखने के लिए बहुआयामी प्रयास करने की जरूरत बताई

दृंढे गए बच्चों में कुछ बच्चे उत्तराखण्ड जबकि कुछ बच्चे अन्य राज्यों से भी हैं

पुलिस महानिरीक्षक अपराध एवं कानून व्यवस्था दीपम सेठ ने बताया कि यह अभियान उन सभी संभावित स्थानों पर चलाया गया जहां बच्चों के मिलने की संभावना सबसे अधिक थी

पर्यटन बढ़ावा चारधाम यात्रा को बढ़ावा देने के उददेश्य से उत्तरकाशी की जोशियाड़ा झील में योगाभ्यास और तटीय परिसर में भव्य आरती का आयोजन किया गया गंगोत्री विधायक गोपाल सिंह रावत और जिलाधिकारी डॉ आशीष चौहान ने गंगा आरती का श्भारम्भ किया इस दौरान विदेशी सैलानियों ने झील में जेटी के ऊपर योगा की प्रस्तुति भी दी आयोजित कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए स्थानीय विधायक ने कहा कि जिले में प्रसिद्ध चारधामों में से दो धाम जिले में स्थित हैं और यहां का प्राकृतिक सौन्दर्य भी बेहद मनमोहक है सरकार द्वारा जोशियाड़ा और मनेरी जल विद्युत परियोजना की झील में विविध कार्यक्रम को संचालित करने के लिए झीलों के सौन्दर्यकरण करने की पहल की गई है उन्होंने कहा कि जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं इस मौके पर जिलाधिकारी ने कहा कि झील में पर्यटकों के लिए तमाम तरह की सुविधा मुहैया कराने की योजना है

आग्रह गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने सुरक्षा बल से मौजूदा साइबर योजना को और अधिक प्रभावी बनाने की संभावनाओं पर गौर करने का आग्रह किया उन्होंने कहा कि सरकार ने गृह मंत्रालय में साइबर धोखाधड़ी की जांच के लिए अलग प्रभाग का गठन किया है श्री सिंह ने सीआईएसएफ और सभी केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों से महिलाओं की भर्ती के लिए विशेष अभियान चलाने को कहा उच्च न्यायालय उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राज्य में निकायों की सीमा विस्तार संबंधी सभी अधिसुचनाओं को खारिज कर दिया है न्यायालय ने राज्य सरकार को नयी अधिसूचना जारी कर लोगो की आपत्तियों का निस्तारण करने के निर्देश दिये हैं

इनमें प्रदेश के विभिन्न नगर निगम नगर पालिकायें और नगर पंचायतें शामिल थीं सरकार के इस कदम को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि सरकार ने जनता की भावनाओं के खिलाफ नगर निकायों की सीमा विस्तार का निर्णय लिया है

सरकार को एक सप्ताह के अंदर सभी आपत्तियों का निस्तारण करने को कहा गया है उधर हरिद्वार में एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि वे हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक कार्य करेंगे मुख्यमंत्री ने उम्मीद जतायी है कि जन सुनवाई के बाद लोगों की आपत्तियां दूर कर ली जाएगी प्रशिक्षण रूद्रप्रयाग जिले की ग्राम पंचायत बैनोली में आज एक दिवसीय जड़ी बूटी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया इस अवसर पर जिलाधिकारी मंगेश घिल्डियाल ने कहा कि आने वाले मानसून में जिले के पन्द्रह गावों में जडी बूटी की खेती की शुरूआत की जाएगी उन्होंने कहा कि जडी बूटी की खेती को जंगली जानवर नुकसान नहीं पहुंचाते हैं ऐसे में किसानों के लिए यह मुनाफे का व्यवसाय है और इसके जरिए वह अपनी आर्थिक स्थिति को और अधिक मजबूत कर सकते है

पृष्प प्रतियोगिता के उद्घाटन अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि इस प्रकार की पर्यावरण मित्र प्रतियोगिता सराहनीय कार्य है ऐसी प्रतियोगिता का आयोजन औद्यानिकी के संवर्धन और पर्यावरण के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है

मुलाकात कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने देहरादून में ग्राम्य विकास समिति के तहत प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे छात्र छात्राओं से मुलाकात की इस दौरान उन्होंने छात्रों को केन्द्र सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न रोजगार परख योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी कृषि मंत्री ने स्टार्ट अप योजना स्किल डेप्लमेंट योजना आदि के बारे में छात्रों से जानकारी साझा की

कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत में कृषि मंत्री ने कहा कि उत्तराखंड ग्राम्य विकास समिति द्वारा चलाये जा रहे तमाम प्रशिक्षण कार्यक्रम रोजगार परख होने के साथ साथ आने वाले दिनों में पलायन रोकने में भी मददगार साबित होंगे उन्होंने कहा कि इन कार्यक्रमों के जरिए लोग न सिर्फ स्वरोजगार की ओर प्रेरित हो रहे हैं बल्कि गांव में रहकर ही अपनी आर्थिकी को भी मजबूत कर रहे हैं

मेले की तैयारियों को लेकर मुख्य विकास अधिकारी ने जिले के सभी नोड़ल अधिकारियों के साथ समीक्षा की

उन्होंने जिले की समितियों से आपसी सहयोग और समन्वय बनाते हुए किसान मेले के सफल आयोजन के लिए समस्त तैयारियां समय पर पूरा करने के निर्देश दिए